जैसलमेर जिले से लगती अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा पर बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया प्रदेश में शीतलहर और तेज सर्दी से जनजीवन प्रभावित

राज्यपाल ने अभिभाषण में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिक करते हुए आगामी विकास की रूपरेखा के बारे में बताया उन्होंने कहा कि नई सरकार गांधीजी के सिद्धांतो और आदर्शो का आत्मसात कर आमजन की सेवा के लिये कटीबद्ध होकर काम करेगी करीब दस मिनट चले राज्यपाल के अभिभाषण को संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल के अनुरोध पर सदन में पढ़ा हआ मान लिया गया अभिभाषण के दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक हनुमान बेनीवाल ने समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद का मुददा सदन में उठाया इस दौरान प्रतिपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड ने राज्यपाल के अभिभाषण के बीच इस तरह का व्यवहार करने को सदन की गरिमा के खिलाफ बताया इससे पहले राज्यपाल श्री सिंह को विधानसभा पहुंचने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया

एक फरवरी को केन्द्र सरकार द्वारा अगले वित्त वर्ष का अंतरिम बजट पेश किये जाने की संभावना है

लोक सभा चुनाव के पूर्व संसद का यह अंतिम सत्र होगा संसदीय कामकाज को देखते हुए सत्र को बढ़ाया भी जा सकता है इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किये जायेंगे

इस दौरान जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती दो लोगो की मौत हो गई

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा पर छात्रों अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत दिलचस्प होगी उन्होंने छात्रों से माई जीओवी ओपन फोरम की विशेष स्पर्धा में भाग लेने का आग्रह किया

इससे विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों शिक्षकों के साथ ही अभिभावक और जन समुदाय का सीधे जुड़ाव हो सकेगा राज्य सरकार ने विद्यालय समुदाय भागीदारी की विशेष पहल करते हुए यह निर्णय लिया है

श्री कुमार कल जयपुर में आयोजित वोटर अवेयरनेस फोरम वीएएफ के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पूरे देश में वीएएफ कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है इसका उद्देश्य कार्यालयों में मतदान के प्रति माहौल बनाना और कार्मिकों को मतदान प्रक्रिया की जानकारी देते हुए उन्हें निर्वाचन प्रणाली से जोड़ना है आनंद कुमार ने कहा कि इस फोरम के तहत सभी सरकारी गैर सरकारी कॉर्पोरेट कार्यालयों में नोडल अधिकारियों द्वारा अनौपचारिक माहौल में निर्वाचन प्रक्रिया जैसे वोटर लिस्ट में नाम खोजना नाम जुड़वाना और मतदान के प्रति जागरूकता लाने जैसे प्रयास किए जाएंगे

इस दौरान अनेक वर्कशॉप सेमिनार और चर्चाओं के साथ इंटरनेशनल को प्रोडक्शन मीट का आयोजन होगा इस साल लाईफटाईम अचीवमेंट अवार्ड फिल्म लेखक रॉबिन भट्ट को दिया जायेगा शुरूआती फिल्म के रूप में बांग्लादेशी फिल्म सिंसियरली ढाका को चुना गया है

पहले दिन राज्य से तन्मय सिंह की मरलीन लाइट्स फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग होगी

आगामी छत्तीस घंटों में शीतलहर के जारी रहने की संभावना हैं वहीं कई स्थानों पर घना कोहरा छाने से रेल और सड़क यातायात भी प्रभावित हो रहा है